हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सब्जी उत्पादक किसानो के हक में भावांतर भरपाई योजना को और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गरीब लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी कल रात हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगम के महापौर के चुनाव सीधे वोटरो दवारा किए जाने पर सहमति दी गई

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला कैडर अध्यापकों के लिए जो कि प्राथमिक शिक्षा विभाग पक्के तौर पर कार्यरत है उनके लि कैडर बदलने की नीति को मंजूरी दी गई इस नीति के अन्सार केवल वही अध्यापक जिला बदलने के योग्य होंगे जो कि तीन वर्षो से पक्के तौर पर कार्यरत है मेवात में कार्यरत अध्यापकों को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा

न्ये च्ने गये चौकीदारों की शैक्षणिक योग्यता आठवीं से बढ़ाकर दसवीं कक्षा तक कर दी गई है

मंत्रिमंडल में हरियाणवी और गैर हरियाणवी सिनेमा की उन्नति और राज्य में फिल्म दोस्ताना माहौल कायम करने के लिए हरियाणा फिल्म नीति को मंजूरी दी गई इस नीति के अन्सार फिल्म केा उदयोग का दर्जा और दुसरे लाभ प्रदान किए जायेंगे राज्य में सिनेमा के भाव बढ़ावा देने के लिए फिल्म उत्सव आयोजित किए जायेंगे और इस क्षेत्र में कार्यरत हरियाणा की लड़कियों को छात्रवृति भी दी जायेगी फिल्म नीति के अन्सार फिल्मों की सात श्रेणियों हरियाणावी फिल्म गैर हरियाणवी फिल्म अंतर्राष्टीय फिल्म और लघ् फिल्म इत्यादि में रखा जायेगा

उन्होंने कहा कि इन सभी खिलाडिय़ों को खेल नीति के अन्सार प्रस्कार राशि एवं नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि हरियाणा में बाजरे की खरीद एक अक्तूबर से श्रू की जाएगी जिसके लिए विभाग ने इस वर्ष करीब एक लाख टन बाजरा खरीदने का लक्ष्य रखा है इस बाजरे को दिसंबर जनवरी व फरवरी माह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को वितरित किया जाएगा मंत्री ने कहा कि किसानों को चाहिए कि वे अपने बाजरे की फसल बोने का पंजीकरण संबंधित क्षेत्रों के कृषि विभाग में करवाए ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत न आए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार दवारा बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है जिस कारण राजस्थान व अन्य प्रदेशों के किसानों को हरियाणा में बाजरा बेचने से रोकने व व्यपारियों की कालाबाजारी को बंद करने के लिए सरकार उपय्क्त कदम उठाएंगी केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को और लोकप्रिय बनाने तथा इसके तहत बैंक खाते के वास्ते लोगों को आकार्षित करने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का निर्णय लिया है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की स्विधा द्गनी करते हए पांच हजार रूपये बढ़ाकर दस हजार रूप्ये कर दी गई है

अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा च्नावों की रणनीति को मजबूत करने के लिए पंचकूला जिले के मोरनी हिल्स में हरियाणा में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक मंथन शिविर आयोजित किया कल से चंडीगढ़ में श्रू होने वाले मानसून सत्र के दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह बैठक की पिछले साल दिसम्बर में खट्टर सरकार ने हिमाचल प्रदेश के टिंबर रिर्जार्ट में एक चिंतन शिविर आयोजित किया था

अक्तूबर में खट्टर सरकार ने चार साल पूरे हो जायेंगे

इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर म्ख्य अतिथि थे विभाग ने दस शिक्षकों को राज्य प्रस्कार और चार शिक्षकों को प्रंशसा पत्र दिये इस मौके पर नई तालीम प्स्तक का विमोचन भी किया गया ये प्स्तक एस सी ई आर टी तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय देहाती शिक्षा परिषद हैदराबाद के संय्क्त प्रयत्न द्वारा तैयार की गई है